इस संबंध में राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है सॉफ्टवेयर प्रदेश में वन अतिकमण पर नजर रखने के लिए वन विभाग द्वारा एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है विमाग के प्रधान मुख्य आरण्यपाल अजय शर्मा ने कल शिमला में एक कार्यक्रम में बताया कि सॉफटवेयर पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति अतिक्रमण के मामलों की जानकारी हासिल कर सकता है

शांता कुमार नई पैंशन स्कीम कर्मचारी एसोसिएशन की कांगड़ा ज़िला इकाई के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधान राजेन्द्र मन्हास के नेतृत्व में पुरानी पैंशन बहाली की मांग को लेकर कल सांसद शांता कुमार से मुलाकात की शांता कुमार ने पुरानी पैंशन बहाली की मांग को संसद में जल्द रखने का आश्वासन दिया एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल में डेंगू का प्रकोप बढ़ा पीजीआई में भाजपा नेता की मौत पंजाब केसरी ने मुख्यमंत्री के बयान को शीर्षक दिया है एक लाख तक के केसीसी ऋणों पर न ली जाए गारंटी दैनिक जागरण के शब्द हैं अफसरशाही को सीएम का झटका सीएम के पास ही रहेगा दूसरे डीओ नोट पर निर्णय लेने का अधिकार

यूग हत्याकांड मामले पर दैनिक भास्कर लिखता है जस्टिस करोल की डबल बैंच सुनवाई से हटी कहा सीजे किसी और बेंच को सौंप दें केस हिमाचल दस्तक की एक खबर है साधुपुल में शुरू होगा पतंजलि योगपीठ संस्थान सरकार ने बहाल की रद की गई जमीन की लीज सुक्खू की जगह लेंगे राठौर शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है नए कांग्रेस अध्यक्ष के लिए वीरमद्र आनंद में सहमति की चर्चा अगले कुछ दिनों में हो सकता है एलान फोन टैपिंग मामले पर अमर उजाला की सुर्खी है पूर्व डीजीपी ने लपेटे कई आईएएस और आईपीएस जबकि दैनिक सवेरा टाइम्स का कहना है पूर्व डीजीपी ने उगले बड़े आला अधिकारियों के नाम आपका फैसला लिखता है हिमाचल में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष गठित इसी समाचार पत्र की एक अन्य खबर है अपने जिले में ट्रांसफर के लिए सीएम से मंजूरी जरूरी

एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय शह और मात के बीच कांगड़ा में लिखा है कि कांगड़ा में भाजपा सरकार के सारथी कमजोर होते जा रहे हैं और इसकी तफतीश अवश्य ही आगामी लोकसभा चुनाव में होगी दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय सेहत और खेती में कीटनाशकों पर सबसिडी बंद करने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की है